उन्होंने कहा कि समाज का हर व्यक्ति जिम्मेदारी के भाव से अपने दायित्व का निर्वहन करेगा तो राष्ट्र तेजी से सशक्त होगा मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने आवास पर स्माइल मशाल ज्योति कार्यक्रम का शुभारम्भ करने के बाद आयोजित सभा को सम्बोधित कर रहे थे सम्बोधन के बाद मुख्यमंत्री ने गुब्बारा उड़ा कर स्माइल मशाल ज्योति को रवाना किया स्माइल मशाल ज्योति कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संस्था स्माइल ट्रेन द्वारा संचालित किया जा रहा है संस्था द्वारा विश्व भर में जन्मजात विकृत होठ और तालू के मरीजों का निःशुल्क इलाज कराया जाता है इस समस्या के उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये ही स्माइल मशाल ज्योति कार्यक्रम चलाया जा रहा है कार्यक्रम की सराहना करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि स्माइल ट्रेन द्वारा किया जा रहा यह कार्य अभिनन्दनीय है इस अवसर पर वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शुकतीर्थ के विकास के लिये संकल्पबद्व है इसके लिये योजना बना कर कार्य किया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने धर्म संस्कृति के साथ जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जनता से सहयोग का आग्रह भी किया उन्होंने कहा कि सरकार ने तीर्थस्थलों पर उनकी मूल काया और आधुनिक तालमेल से विकास का नया खाका खीचा है

इसे कल तड़के दो बजकर इक्यावन मिनट पर आन्ध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से प्रक्षेपित किया जायेगा

इस मिशन से चन्द्रमा की सतह की बनावट पानी की उपलब्धता तथा भौगोलिक स्थिति के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है इस मिशन पर नौ सौ अठहत्तर करोड़ रूपये लागत आने का अनुमान है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा देश इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता की कामना कर रहा है

इसके बाद यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और सौ किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा की परिक्रमा करेगा चंद्रमा की विशेष कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडर विक्रम खुद को ऑर्बिटर से अलग कर लेगा और धीमी गति से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा इसके बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और ज़रूरी सूचनाएं एकत्र करेगा यह मिशन पूर्णतः स्वदेशी है इस मिशन से पृथ्यी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में समझ बढ़ेगी साथ ही युवा पीढ़ी में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रूवि पैदा करने में प्रेरणा भी मिलेगी चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा संसद के प्रांगण में आज दूसरे दिन भी स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला तथा कई अन्य सांसदों ने भाग लिया संसद प्रांगण की सफाई में वहां के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि वर्ष दो हजार नौ में हिंसक घटनाओं की संख्या दो हजार दो सौ अट्ठावन थी जो वर्ष दो हजार अट्ठारह में घटकर आठ सौ तैंतीस रह गयी है इस प्रकार की घटनाओं में मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है नेपाल में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर पचास हो गई है बृहस्पतिवार से हो रही वर्षा के कारण देश के विभिन्न भागों में पैंतीस लोग लापता हैं और पचीस लोग घायल हैं सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा है और हजारों लोग बेघर हो गये हैं नेपाल पुलिस सेना और स्थानीय प्रशासन बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं बाढ़ पूर्वानुमान विमाग के अनुसार देश की सभी बड़ी और मध्यम नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास रहने की संभावना है नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है मौसम विमाग ने पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी क्षेत्र में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है मैनपुरी जिले के एलाऊ क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार कार और दोपहिया वाहन की टक्कर में तीन लोगों की मृत्यु हो गयी